इस मुद्दे पर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एससी एसटी की कीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने या न रखने के पहलू पर दो सप्ताह बाद विचार किया जाएगा

इस बीच पुलिस ने इस मामले में एक ट्रक चालक को हिरासत में लिया है

दौसा सांसद जसकौर मीणा ने आज संसद में यह मुद्दा उठाया और कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में विफल साबित हो रही है

अजमेर में आज सावित्री कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने कैंडल मार्च निकालकर जिलाधीश कार्यालय पर प्रदर्शन किया तथा जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा को ज्ञापन देकर आरोपियों को सजा दिए जाने की मांग की इसी तरह एनएयूआई ने भी आज जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया श्रीगंगानगर में छात्र संगठनों की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया

यह जानकारी कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री आर के सिंह से आज लोकसभा में सांसद राहुल कसवा के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी

केन्द्र सरकार की इस प्रमुख योजना का उद्देश्य दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिथ्थिरिया काली खांसी टिटनेस पोलियो टीबी खसरा मेनिनजाइटिस और हेपेटाइटिस बी से बचाव के टीके लगाना है चुने गये क्षेत्रों में एनसेफेलाइटिस और इन्फ्लुएन्जा से बचाव के टीके भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं

भरतपुर नगर निगम के नए मेयर अभिजीत कुमार ने आज निगम पहंचकर अपना पदभार ग्रहण किया पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर शहर के विकास कार्यो पर चर्चा की श्रीगंगानगर में नगर परिषद सभापति करूणा चांडक और उपसभापति लोकेश मनचंदा का शपथग्रहण समारोह आयोजित किया गया

राज्यपाल इसकी शुरूआत अजमेर के महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय से करेंगे गौरतलब है कि कल एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर का दीक्षांत समारोह आयोजित किया जायेगा जिसमें राज्यपाल स्वयं लोगों को संविधान की प्रस्तावना और कर्तव्यों का वाचन करायेंगे

आयोग सचिव ने बताया कि पहले महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में बनाया गया यह परीक्षा केन्द्र अब गेगल स्थित सेंट विल्फ्रेड इंस्टीटयुट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कर दिया गया है